इस चरण में प्रदेश की इन्दौर उज्जैन देवास धार मंदसौर रतलाम खरगोन और खंडवा सीट पर वोट डाले जायेंगे

इसके साथ ही नाम निर्देश का काम शुरू हो जायेगा

वहीं इन्दौर में भी नामांकन भरने का काम आज से शुरू होगा

इंदौर से शंकर लालवानी को उम्मीद्वार बनाया गया है यहां से सुमित्रा महाजन मौजूदा सांसद हैं

लेकिन इस बार भाजपा में इस सीट पर उम्मीदवार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी इसी के चलते सुमित्रा महाजन ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था इंदौर से पंकज संघवी काग्रेस उम्मीदवार है इस सूची में दिल्ली की उत्तर पूर्व सीट से मनोज तिवारी चांदनी चौक से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन पश्चिम दिल्ली से प्रवेश वर्मा और दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी को प्रत्याशी घोषित किया है भाजपा ने दिल्ली की इन सभी सीटों पर मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया है पंजाब की अमृतसर सीट से हरदीप पुरी और उत्तरप्रदेश की घोसी सीट से हरिनारायण राजभर को टिकट मिला है हरदीप पुरी राज्यसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कांग्रेस सूची उधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा की पांच सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से उम्मीदवार बनाया गया है निर्मल सिंह को कुरुक्षेत्र भव्य बिश्नोई को हिसार कुलदीप शर्मा को करनाल और अवतार सिंह को फरीदाबाद से टिकट मिला है पहले फरीदाबाद से सीट से कांग्रेस ने ललित नागर को टिकट दिया था राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने देशद्रोह कानून को समाप्त करने का वादा कर देश को तोड़ने की कोशिश की है कल शहडोल सतना और सीधी लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यदि देश की सुरक्षा के लिए और भी कड़े कानून बनाने की ज़रूरत होगी तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे

सुश्री ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने अपने संबोधन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है चुनाव आयोग को लिखे पत्र में भाजपा प्रत्याशी ने कहा है कि उन्होंने किसी पंथ संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कही है उन्होंने कहा है कि अगर इस संबंध में चुनाव आयोग के पास कोई रिपोर्ट हो तो इसकी प्रतिलिपि उन्हें मुहैया कराई जाए ताकि वे उसका समुचित उत्तर दे सकें चुनाव आयोग को लिखे जबाव में उन्होंने कहा कि अपने संबोधन में उन्होंने किसी शहीद की शहादत के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं कही है गौरतलब है कि सुश्री ठाकुर ने मुंबई हमले के शहीद हेमंत करकरे पर बेहद विवादित टिप्पणी की थी जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया था कांताराव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ताराव ने कल छिन्दवाड़ा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उप चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की

साप्ताहिक बाजार की व्यवस्था दूसरे दिन हो श्री कान्ताराव ने छिन्दवाड़ा लोकसभा निर्वाचन और विधानसभा उप निर्वाचन के लिये माइक्रो प्लानिंग ईव्हीएम की तैयारियों फोर्स डिप्लॉयमेन्ट ईव्हीएम रेण्डमाइजेशन कमीशनिंग सी विजिल मतदाता सहायता केन्द्र तथा सीसीटीवी वीडियोग्राफी और वेबकास्टिग पोलिंग एजेन्ट्स की नियुक्ति की विस्तृत समीक्षा की

श्रीलंका पुलिस ने देशभर में श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में शामिल होने के आरोप में सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया है पुलिस के अनुसार शुरूआती जांच में पता चला है कि ये विस्फोट आत्मघाती बम हमलावरों ने किये श्रीलंका में देशभर में कर्फ्यू लगा दिया गया है पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा सरकार ने अफवाह फैलने से रोकने के लिए व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया वेबसाईटों को प्रतिबंधित किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमलों पर दुख जताते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना और प्रधानमंत्री राणिल विक्रमसिंघे से बातचीत की इस दौरान श्री मोदी ने श्रीलंका को हरसंभव मदद की पेशकश की वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी वहां के विदेश मंत्री से बात कर कहा कि भारत इस कठिन घड़ी श्रीलंका को हरसंभव मानवीय सहायता देने को तैयार है उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो भारत से चिकित्सा दल भी भेजे जायेंगे जनसंपर्क दिवस राष्ट्रीय जनसम्पर्क दिवस के अवसर पर कल भोपाल में पब्लिक रिलेशन्स सोसाइटी द्वारा लोकतंत्र में मतदाताओं की भूमिका और वर्तमान में जनसम्पर्क की चुनौतियां विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया इसमें मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में शामिल जनसम्पर्क आयुक्त पीनरहरि ने जनसम्पर्क की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा की मानव सामाजिक प्राणी है एक दूसरे से संपर्क के बिना उसका जीवन असंभव सा है

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी गेंद पर एक रन से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की

चेन्नई को जीत के लिए आखिरी गेंद पर दो रन की जरूरत थी लेकिन शार्दूल ठाकुर रन आउट हो गए कल एक अन्य मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को नौ विकेट से हरा दिया प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और डेल्ही कैपिटल्स का मैच रात आठ बजे से जयपुर में होगा